प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर ग्रामीण जल और स्वच्छता समिति के सदस्यों से बातचीत की प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इन योजनाओं से हर घर नल जल परियोजना में और प्रगति होगी श्री मोदी ने कहा कि जनभागीदारी से किसी भी योजना को सफल बनाया जा सकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाएं पानी के महतव को बहत अचछी तरह समझती हैं श्री मोदी ने कहा कि पाइप के जरिए पीने का पानी मिलने से प्रे बंदेलखंड की तस्वीर बदलेगी श्री मोदी ने कहा कि सरकार विंध्य क्षेत्र के चहम्खी विकास के प्रयास कर रही है प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि विध्याचल क्षेत्र सौर ऊर्जा के मैदान में अग्रणी क्षेत्र बनेगा और लोग न केवल अपने घरों को रोशन करेंगे बल्कि इससे उनकी आमदनी भी बढ़ेगी उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के लागू करने से भूमि से संबंधित विवादों में कमी आएगी और लोगों को दस्तावेजों के आधार पर ऋण भी मिलेंगे उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर कार्य कर रही है उनका कहना था कि सरकार लोगो तक पहंच रही है और लोग सरकारी निर्णय में भागीदार बन रहे हैं

मामूली चूक से बड़ा न्कसान हो सकता है

इस परियोजना के पैकेज चारपांच और छह का निरीक्षण करते हए दल ने परियोजना एजेंसी स्श्री इंफ्रा से सभी संबित परियोजनाओं को निर्धारित समय पर प्रा करने का निर्देश दिया केंद्रीय सचिव ने प्रस्तावित मिपि बासाम और डामब्एन से ब्नेई सड़क परियोजना का सर्वे किया

स्थापना दिवस समारोह की श्रूआत में कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की गई रक्षा सचिव डॉकटर अजय कमार और एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा ने एनसीसी की ओर से माल्यार्पण किया

एनसीसी कैडेट और इससे जुड़े अधिकारियों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत आत्मानिभर भारत और फिट इंडिया जैसी गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर भाग लिया कैडेटों ने स्वच्छ भारत अभियान देशभर में प्रद्षण पखवाड़े के आयोजन में प्रे मनोयोग से भाग लिया और डिजिटल साक्षरता अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वृक्षारोपण और टीकाकरण कार्यक्रम जैसी विभिन्न सरकारी पहलों के बारे में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भ्रमिका निभाई

बोडोलैंड पीप्ल्स फ्रन्ट के बिस्वजीत दाइमारे ने हाल ही में राजयसभा की सदसयता से तयागपत्र दिया था और वे अपनी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष थे वहीं मोसाहारी पार्टी महासचिव थे

ईस्ट सियांग एमेच्योर बाक्सिंग एसोसियेशन द्वारा ईस्ट सियांग में पहली बार आयोजित बीस दिनो के प्रशिक्षण शिविर की सराहना करते हए श्री मोयोंग ने प्रशिक्षको से य्वा खिलाड़ियो के कौशल के विकास के लिए कठिन परिश्रम करने को कहा इस प्रशिक्षण शिविर में बाइस खिलाड़ी हिस्सा ले रहे है